इन लोगों के जीवन को बचाने के लिए भिशन लाइफ सेविंग लीसा शुरू किया जा रहा है ै इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं

सरकारी और निजी अस्पतालों में इन रोगियों की चिकित्सक द्वारा जांच संकभित क्षेत्र में स्थायी रूप से एक से दो किलोमीटर के दायरे में एम्बुलेंस की व्यवस्था तथा इन मरीजों को बचाव और खतरों के लक्षणों के बारे में आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जानकारी देने को कहा गया है

चिकित्साकर्भियों ने ताली बजाकर और फूल देकर उन्हें विदा किया

डॉ गर्ग ने बताया कि इस मशीन से एक समय में अधिकतम चार सैम्पल की जांच की जा सकती है

इधर भरतपुर में जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों की पढाई को ध्यान में रखते हुए स्टेशनरी की द्रकानो को खोलने के निर्देश जारी किये हैं पंखें और मोबाइल री चार्जिग की दुकानें खोलने के लिए भी कहा गया है

स्टेशनरी की दुकान के मालिक ने बताया कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया

बीकानेर के बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र में भी कई कारखानों में फिर से उत्पादन कार्य शुरू हो गया है

श्री पायलट ने कांग्रेसजन से आहवान किया कि स्वयं को कोरोना संकमण से बचाते हए अपने अपने क्षेत्रों में राहत कार्यों में जूटे रहें

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया कि ये राशि राज्यपाल राहत कोष से दी जा रही है वहीं झालावाड़ जिले के पांच चिकित्सालयों के भवन और परिसर को स्टाफ तथा सभी संसाधनों के साथ तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अधिग्रहित किया गया है इन अस्पतालों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए है जिन्होंने कार्य संभाल लिया है संकट की इस घड़ी में कई लोग किसी ना किसी तरह से मदद के लिए आगे आ रहे हैं

बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा में राजीविका समूह की महिलाओं ने आपसी सहयोग से दो हजार मास्क बनाकर वितरित करवाए वहीं एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा कर गांव के गरीब लोगों को इसका वितरण किया इधर पशु पक्षियोँ को भी राहत देने के लिए प्रशासन प्रयास कर रहा है

जिससे गौवंश के लिए चारे पानी की व्यवस्था की जा सकेगी प्रदेश को घरेलू पर्यटकों के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने के लिए आकामक मार्केटिंग अभियान चलाया जाएगा पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जयपूर में राजस्थान रीवाइवल समिट में ये जानकारी देते हुए बताया कि यह असाधारण समय है और हमें पर्यटन र्सेक्टर को फिर से जीवंत करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है

उन्होंने यह भी बताया कि विभाग में स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों को लेकर एक समिति बनाई गई है बैठक में वैश्विक महामारी और कोरोना के बाद के समय में प्रदेश में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए कई सुझाव रखे गए पर्यटन मंत्री ने बैठक में विभिन्न दूरिज्म स्टेक होल्डर्स के साथ विचार विमर्श किया

निजी सफाई पर ध्यान देंगे बार बार हाथ घोते रहेंगे और मास्क पहनेंगे एक ट्वीट में श्री गहलोत ने कहा कि कार्यस्थल पर हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी भी है हम खूद का और हमारे साथियों का ध्यान रखें

यह गाड़ी प्रदेश के ँ आबूरोड़ मारवाड़ जंक्शन अजमेर फुलेरा और जयपुर में भी रूकेगी यह गाड़ी आज रात ग्यारह बजे पालनपुर से रवाना होगी

सरकार ने अपने कर्मचारियों को मिलने वाले आवास किराया भत्ता ओवर टाइम भत्ता लीव एनकैशमेंट एलटीसी और यात्रा भत्ते में कटौती की सोशल मीडिया पर फैल रही खबर को फर्जी बताया है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 जयपूर के ट्रांसपोर्ट नगर में एक साध् की चिलम की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने की खबर को भी निराधार बताया गया है

जिन मरीजों को अलग रहने की आवश्यकता है उनके पास अपने घरों में ही अलग से रहने का विकल्प होगा घरों में अलग से रहने के लिए रोगियों को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो उसकी दिन रात देखभाल कर सके